श्री मोदी ने सबसे पहले शहर कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव का आशीर्वाद लिया और फिर वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया मोदी के नामांकन के प्रस्तावकों में जगदीश राजा और वरिष्ठ संघ कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता भी शामिल थे नामांकन के दौरान राजग के घटक दलों के तमाम वरिष्ठ नेता अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल शिवसेना के उद्दव ठाकरे जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार ए आई ए डी एम के पार्टी की ओर से पन्नीर सेल्वम लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल भी शामिल थी कई केन्द्रीय मंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही तमाम वरिष्ठ भाजपा नेता भी इस अवसर पर मौजूद रहें श्री मोदी वाराणसी से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पर उनके खिलाफ कांग्रेस के अजय राय और समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव चुनाव मैदान में हैं

विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक देशभर में दौरे कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आज बिहार के समस्तीपुर में जनसभा को सम्बोधित किया इससे पहले राहल गांधी ने ट्वीटर पर जानकारी दी थी कि पटना जाते समय उनके विमान के इंजन में कुछ खराबी होने के कारण उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने घटना की जांच शुरू कर दी है महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के बाद विमान को दिल्ली लौटना पड़ा अधिकारी ने बताया कि डीजीसीए ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच शुरू कर दी है

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या इस फिल्म को इस वक्त प्रदर्शित किया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस बार में जो फैसला किया है शीर्ष न्यायालय उसके खिलाफ कोई याचिका स्वीकार करने के हक में नहीं है

कार्यक्रम की शुरुआत जिला महाप्रबंधक महावीर सजवान ने की उन्होंने कहा कि कौशल विकास के जरिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है समिति के उत्तराखंड प्रोजेक्ट हेड अरविंद रावत और क्षेत्र प्रमुख भावना कटारिया ने कहा कि प्रदेशभर में कौशल विकास केंद्रों के जरिए युवाओं को महंगे होटल मैनेजमेंट और अन्य कोर्स घर पर ही कराए जा रहे हैं

आवेदन ई मैनेजमेंट इंस्पायर अवार्ड मानक पर किए जाएंगे पोर्टल भारत सरकार के विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग वेबसाइट पर उपलब्ध है इंस्पायर अवार्ड के लिए कक्षा छह से दस तक के विद्यार्थी अपने आइडिया ऑनलाइन की विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं

उत्तराखंड में इंस्पायर अवार्ड की नोडल अधिकारी और निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग सीमा जौनसारी ने बताया कि गत वर्ष उत्तरकाशी के रितिक चमियाल समेत तीन छात्रों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ था जबकि तीन विद्यार्थियों और एक शिक्षिका को जापान जाने का अवसर मिला

कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है पिछले कुछ दिनों से तापमान बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं

इस बार बीच बीच में हो रही बारिश के कारण दुर्घटनाएं कम हो रही हैं

साथ ही सात सौ किलोमीटर में फायर लाइन की सफाई भी की गई

पुलिस मुख्यालय ने एसडीआरएफ के दो अनुभवी दलों को जीपीएस और नक्शे के साथ इन पौराणिक मार्गो की खोज पर भेज दिया है कई वर्षो पहले बदरीनाथ और केदारनाथ की यात्राएं पैदल ही हुआ करती थी यह यात्रा ऋषिकेश से आरंभ होकर अलग अलग पड़ावों में पूरी हुआ करती थी उस वक्त श्रद्वालु यह यात्रा लगभग एक महीने में पूरी कर पाते थे उत्तराखंड सरकार विलुप्त हो चुके इन पौराणिक चार धाम मार्गों को खोज रही है पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार की मानें तो इन पौराणिक मार्गो के खुलने से श्रद्धालु एडवेंचर और ट्रैकिंग के साथ तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं

इनको खोजने और पर्यटन के नक्शे पर लाने का काम अगले साल तक पूरा किया जाएगा स्लग मौसम प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम में लगातार बदलाव जारी है

उससे पहले तापमान में दो से तीन डिग्री तक का इजाफा होने से लोगों को गर्मी भी परेशान करेगी इन दिनों राज्य के मैदानी इलाकों में जहां दिनभर गर्मी और सुबह शाम तापमान में कमी से लोग बीमार हो रहें है तो वहीं दूसरी ओर ब्रंदाबांदी से फसलों पर विपरीत असर पड़ रहा है

प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में ईरान के परवीज मरदानी और महिला वर्ग में नेपाल की लक्ष्मी मगर विजेता रहे भारतीय वर्ग में हिमाचल प्रदेश के देवेंद्र ने बाजी मारी जबकि भारतीय महिलाओं में उत्तराखंड की पूनम राणा पहले स्थान पर रहीं